नई दिल्ली में भारतीय रक्षा उपकरण निर्माता संघ के वार्षिक आयोजन में रक्षामंत्री ने कहा कि दो हजार चौबीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र की पहचान सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्रों में की गई है उन्होंने कहा कि विशाल और वैश्विक महत्व वाला देश हथियारों के लिए आयात पर निर्भर नहीं रह सकता श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दस अरब डॉलर का निवेश का प्रावधान है जिससे रोजगार के तेईस लाख अवसर सुजित होंगे भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का ओडिशा तट से दूर सफल प्रक्षेपण किया है इसे सुखोई एस यू तीस एम के आई लड़ाकू विमान से सोमवार को यूजर ट्रायल के रूप में प्रक्षेपित किया गया रक्षा मंत्रालय के अनुसार अस्त्र ने हवा में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा और पूरे मिशन को सम्पन्न किया लक्षित मिसाइल का रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग करते हुए पता लगाया गया और अस्त्र ने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक वार किया मिसाइल का विकास सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन डी आर डी ओ ने किया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र के सफल परीक्षण पर डी आर डी ओ और वायुसेना को बधाई दी है केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज गोरखपुर जिले के धुरियापार में बायो फ्यूल काम्लेक्स का शिलान्यास किया इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे श्री योगी कहा कि बायो प्यूल संयंत्र से हर तरह के कचरे से जिसमें खेत का कचरा घर का कचरा गाय और भैंस के गोवर पुआल आदि से गैस बनेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे को गोरखपुर से जोड़ा जायेगा इसके दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बनेगा जो अब धुरियापार तक बढ़ाया जायेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अमिताम कांत ने कहा है कि आर्थिक वृद्वि दर वापस उच्च स्तर पर लाने के लिए कृषि और निर्यात क्षेत्र में बुनियादी सुधार जरूरी हैं कल मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का आघार सुदृढ़ है और सरकार वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को वापस उच्च वृद्धि दर पर लाने के प्रति सतर्क है उन्होंने कहा कि सक्रिय निजी क्षेत्र और सुधारों के प्रति मजबूत सरकार भारत के लिए अनुकूल स्थिति है केन्द्रीय शहरी और आवासन कार्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि शहरी योजना तैयार करने में आमूल परिवर्तन की जरूरत है ताकि विकास की निरंतरता बनी रहे श्री पुरी आज नई दिल्ली में भवन वास्तुशिल्य में उभरते रुझान विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन अधिवेशन में बोल रहे थे उन्होंने कहा जो ट्रेडनिशनल हमारी ब्रेक ऑन मॉडल बिल्डिंग है

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्यूड़ी की उत्कृष्ट शिल्पकला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कार्यालय का निर्माण करने से लेकर सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने तक सीपीडब्ल्यूडी का काम सराहनीय रहा है उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवादित भूमि मामले से जुड़े विभिन्न पक्षों से कहा है कि अगर वे चाहें तो इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझा सकते हैं अदालत ने कहा कि वह चाहती है कि मामले की सुनवाई प्रतिदिन हो और यह इस वर्ष अट्ठारह अक्तूबर तक पूरी हो जाए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अव्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है इसलिए यह प्रक्रिया प्रतिदन जारी रहेगी गंगा यमुना सहित कई प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गये हैं केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गेगा नदी गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से उपर है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी जारी है वहीं यह प्रयागराज मिर्जापुर और वाराणसी में खतरे के निशान से नीचे बढ़ाव पर है बाढ़ का पानी कई जगह फसलों को जलमग्न करता हुआ आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मौजूद बंधों का निरीक्षण करते हुए लगातार निगरानी के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री ने बाढग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों को कार्यशील करने के साथ किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियां रखने के निर्देश दिये हैं